बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया बैठक में गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव आईसीएमआर के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया

बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बिस्तरों और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल तथा पृथक बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया

जिसके तहत सुंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी टूसिलूजिमाब तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड के मरीजों की स्थिति देखकर ही किया जाना चाहिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन मरीजों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की जरूरत लगातार बढ़ रही है वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और यह गंभीर रूप से पीडित मरीजों को नहीं दी जानी चाहिए

राहत वाली बात यह है कि राज्य में डबलिंग रेट और रिकवरी प्रतिशत में सुधार हुआ है

इस दौरान श्री बंसल ने आपरेशन थियेटर डायलिसिस युनिट मेडिकल और आर्थो वार्ड का निरीक्षण भी किया श्री बंसल ने मरीजों और उनके तीमारदारों से चिकित्सालय में प्रदान की जाने वाली दवाओं भोजन और सफाई व्यवस्था की जानकारी ली

गौरतलब है कि बेस चिकित्सालय में आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधाये देने के लिए हाईटैक बनाया जा रहा है जिसके तहत यहां चार बैड का आईसीयू तथा आठ बैड का एचडीयू स्थापित किया गया है यहां दो आपरेशन थियेटर भी आधुनिकतम उपकरणों से लैस किये गये है जिसके तहत आध्रनिक मशीनों और उपकरणों के संचालन को देखते हुए यहां तैनात चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ का गहन प्रशिक्षण सुशीला तिवारी चिकित्सालय में दिया गया है पीएम आग्रह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार भेजें

उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम दो हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकार्ड करा सकते हैं

भाजपा वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल गढ़वाल क्षेत्र में होने वाली वर्चुअल रैली को संबोधित करेगें इस रैली को लेकर भाजपा प्रदेश इकाई द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने आज इस वर्चुअल रैली का लिंक जारी करते हुये बताया कि यह रैली वैसे तो देहरादून आधरित है और गढ़वाल मण्डल के लिए है लेकिन इसे पूरे राज्य और देश विदेश में भी सुना और देखा जाएगा और इससे लाखों लोगों के जुड़ने की सम्भावना है इस रैली को दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से श्री सिंह के अलावा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू भी सम्बोधित करेगें इस दौरान देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार और अन्य पदाधिकारी भी सामाजिक दूरी के साथ श्रिकत करेगें

वाहन दुर्घटना के दौरान उसमे सवार सरकंडा गांव निवासी वाहन चालक अरविंद रावत और सौंप गांव निवासी धनपाल की मौके पर ही मौत हो गई दुर्घटना की सूचना मिलते ही नजदीकी गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और शवों को खाई से निकाला थानाध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया है कि मृतकों का पंचनामा कर शव पोस्ट मार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बौराड़ी भेजे जा रहे है शहीद को श्रद्धाजंलि जम्मू कश्मीर के कृपवाड़ा सैक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान एक हादसे में शहीद हये सुबेदार यमुना प्रसाद पनेरू आज पंचतत्व में विलीन हो गये चित्रशिला घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार किया गया शहीद पनेरू के शव को उनके सात वर्षीय पुत्र यश पनेरू और भाई भुवन पनेरू ने मुखाग्नि दी गौरतलब है कि शहीद यमुना प्रसाद का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से कल ही नैनीताल जिले के हल्द्वानी पहुंचा था जिसके बाद आज सुबह मोटाहल्द्र स्थित गोरापड़ाव में उनके आवास पर उनका शव अन्तिम दर्शनों के लिए लाया गया जहां मौजूद लोगों के हुजूम ने शहीद श्री पनेरू के बलिदान को याद करने हुए उन्हें नम आखों से विदाई दी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत के प्रतिनिधि के तौर पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने घाट पर पहुँच कर शहीद के शव पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्वांजलि दी इस दौरान उन्हें अन्तिम विदायी देने वालों में प्रमुख रूप सक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत विधायक नवीन चंद्र दुमका राम सिंह कैड़ा कांग्रेस नेता हरीश चंद्र दुर्गापाल के अलावा पुलिस प्रशासन और सेना के अधिकारी शामिल थे

सुशांत ने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की थी उनका टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ जिसकी बदौलत उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई थी इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ एम एस धोनी और छिछोरे जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया सुशांत की मृत्यु का कारण अभी स्पष्ठ नहीं है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फिल्म एवं टीवी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सिंह ने अपनी अभिनय क्षमता से फिल्म जगत में एक मुकाम हासिल किया है उन्होंने उत्तराखंड में भी शूटिंग की थी कम उम्र में उनके निधन से फिल्म जगत ने एक प्रतिभाशाली अभिनेता को खो दिया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है

यह दिन सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढाने और रक्तदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है इस मौके पर प्रदेश भर में भारतीय रेडक्रास सोसायटी के सहयोग से रक्त दान शिविर आयोजित किये गये पौड़ी गढ़वाल जिला चिकित्सालय जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित रक्तदाता दिवस पर सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है इसके अलावा जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में भी रेडक्रॉस सोसायटी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ शोशल एंड एजुकेशनल सोसायटी द्वारा बृह्द रक्तदान शिविर आयोजित किया गया